उनतीस राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग नब्बे करोड़ मतदाता लोकसभा के पांच सौ तैंतालीस सदस्यों का चुनाव करेंगे लोकसभा चुनाव सात चरणों में ग्यारह अप्रैल से उन्नीस मई तक होंगे आंध्र प्रदेश ओड़िसा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कल शाम नई दिल्ली में कार्यक्रमों की घोषणा की उन्होंने कहा कि मतगणना तेईस मई को होगी बाईस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चरण में मतदान होगा जबकि चार राज्यों में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे असम छत्तीसगढ़ और झारखंड में तीन चरणों में और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तथा ओड़िसा में चार चरणों में वोट डाले जाएंगे जम्मू कश्मीर में पांच और पश्चिम बंगा बिहार और उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होगा पहले चरण में बीस राज्यों में इक्यानबे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और दूसरे चरण में तेरह राज्यों की सत्तानबे लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे तीसरे चरण में चौदह राज्यों के एक सौ पंद्रह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और चौथे चरण में नौ राज्यों की इकहत्तर लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा पांचवें चरण में सात राज्यों के इक्यानवें निर्वाचन क्षेत्रों और छठे चरण में सात राज्यों की उनसठ लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे अंतिम चरण में आठ राज्यों के उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं होंगे निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की प्रभावी निगरानी के लिए तीन विशेष प्रेक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव ग्यारह अप्रैल को एक साथ होगा चुनाव की अधिसूचना अट़ठारह मार्च को जारी की जाएगी और नामांकन भरने की अंतिम तारीख पच्चीस मार्च निर्धारित की गई है नामांकन की जांच छब्बीस मार्च को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख अट्ठाईस मार्च है वोटो की गिनती तेईस मई को होगी और सत्ताईस मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार राज्य के सात लाख चौरानवे हजार एक सौ बासठ मतदाताओं के लिए कुल दो हजार दो सौ दो मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से लोकसभा के आगामी चुनावों में सक्रियता से भाग लेने की अपील की है प्रधानमंत्री ने पहली मतदाता बने युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने का आह्वान किया है उन्होंने निर्वाचन च्रनाव आयोग को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चुनाव का संचालन करने के लिए भारत को इस पर गर्व है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कल राजीव गांधी विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाज्ञ की इकहत्तरवें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया राज्यपाल ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि हिंदी भाषा के माध्यम से राष्ट्र के लोगों को एकजूट करने में मदद मिलती है उन्होंने कहा कि राज्य की अलग अलग जनजातियां हिंदी भाषा के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते है और यहीं राज्य की भाषा है

राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस के अवसर पर वेस्ट सियांग विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से लॉ नॉर्थ ईस्ट फ्रोन्टियर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी के सदस्यों द्वारा हालही में जिला न्यायालय भवन में लोक अदालत का आयोजन किया गया न्यायाधीश हिरेंद्र कश्यप मुख्य न्याय मेजिस्ट्रेट सह सिविल जज ने वैकल्पिक विवाद समाधान और लोक अदालत प्रणाली की बुनियादी बिंदुओ के बारे में लोगो को जानकारी दी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेजू में कल कक्षा और पुस्तकालय रहित दो मंजिला प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया